हॉटस्पॉट वाली जगहों पर बीस अप्रैल के बाद कुछ शर्तो के साथ छूट मिल सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया

प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद आज से श्रू खरीद केन्द्रों पर परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्य और लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा

इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत के एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाने से उसे स्थिति से अच्छी तरह निपटने में मदद मिली उन्होंने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट तथा वायरस की रोकथाम वाले क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि संक्रमण का प्रसार नये क्षेत्रों में न हो सके प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने की बीस तारीख तक हॉट स्पॉट के प्रबंधन तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के संदर्म में सभी राज्यों जिलों और क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बाद जिन राज्यों में हॉटस्पॉट नहीं होंगे वहां कुछ शर्तो के साथ महत्वपूर्ण गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी सरकार इस बारे में आज विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी

मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है

इस समय रवी फसल की कटाई का काम भी जारी है

देश में दवा से ले करके राशन तक पर्याप्त भंडार है सप्लाई चैन की बाघाएं लगातार दूर की जा रही हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ जारी है उन्होंने कहा कि लोगों ने मुश्किलें उठाकर देश को बचाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए लोग एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के निर्णय से कोविड नाइन्टीन पर नियंत्रण पाने में बड़ी मदद मिली है उन्होंने इसे सफल बनाने के लिए लोगों के अनुशासन और संयम की प्रशंसा की श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर की गई तैयारी से इस महामारी पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सका है श्री मोदी ने लोगों से बुज़र्गों की विशेष देखभाल करने गरीबों की मदद करने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने सहित सात प्रकार से सहयोग करने को कहा

तीसरी बात अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें गर्म पानी हैं काढ़ा हैं इनका निरंतर सेवन करें चौथी बात कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेत मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करें

छती बात आप अपने व्यक्साय अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें किसी को नौकरी से न निकालें सातवीं बात देश के कोरोना योद्वाओं हमारे डॉक्टर नर्सेस सफाई कर्मी पुलिसकर्मी ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें आदरपूर्वक उनका गौरव करें

उन्होंने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और उनके स्रक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया प्रदेश भर में लोगों ने पूर्णबंदी को आगे बढ़ाने का स्वागत किया है लोगों ने कहा है कि वे लॉकडाउन का पालन करेंगे और अपने घरों में रहकर कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने में सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे

यात्रियों को अपने ई टिकट रद्द कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी काउंटर से लिए गए टिकट के किराये की वापसी का दावा इकत्तीस जुलाई तक किया जा सकता है

उप मृख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कल समीक्षा बैठक के बाद कहा कि बीस अप्रैल से कक्षा नौ से बारह तक के विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग के जरिए व्हाट्सऐप पर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी

सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए खरीद केन्दों पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने की शर्त लागू की है इस वर्ष बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बावजूद रबी फसल का बंपर उत्पादन हुआ है और किसानों को उनके कृषि उत्पाद की खरीद के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों के सहयोग की जरूरत है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर न खरीदी जाये उन्होंने बताया कि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी के लिये अधिकारियों को नामित किया गया है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक सौ दो नये मामले सामने आये हैं जिसके बाद राज्य में वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या छः सौ साठ पहुंच गई है संक्रमण से आगरा सबसे अधिक प्रभावित है जहां अब तक एक सौ तैंतालीस मामले मिले हैं यहां कल चार नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिले में दस लोग स्वस्थ भी हुए हैं गौतमबद्ध नगर में चौरासी लोगों में संक्रमण पाया गया है कल यहां सोलह नए मरीज मिले अब तक तेरह लोग स्वस्थ हुए हैं मेरठ में कल पांच लोगों में कोरोना संक्रमण की पृष्टि हुई जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर इकसठ हो गयी है सहारनपुर में कल चौदह नए लोगों में संक्रमण पाया गया जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या तिरपन पहुंच गयी है मुरादाबाद जिले में कल सत्रह लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद यहां मरीजों की संख्या बढ़कर उन्नीस हो गयी है इसके अलावा लखनऊ में चवालीस गाजियाबाद में सत्ताईस शामली में बाइस फिरोजाबाद में उन्नीस बस्ती में चौदह सीतापुर में तेरह और कानपुर नगर में दस लोगों में अब तक कोविड नाइन्टीन की पुष्टि हो चुकी है प्रदेश के कुल चवालीस जिले कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं अब तक उन्वास रोगी स्वस्थ हुए हैं और आठ लोगों की मुत्यु हुई है मरने वाले लोगों में से अधिकतर अन्य गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित थे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश क्मार अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को कोई परेशानी न हो उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी लखनऊ में कल पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी श्री अवस्थी ने बताया कि राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सत्रह हजार पांच सौ पच्चासी मामले दर्ज किये गये हैं बदायूं के भवानीपुर खल्ली और सहसवान में पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को सील कर दिया गया है जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने कल इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया जिलाधिकारी ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है